उन्होंने बताया कि इन कैदियों की रिहाई तीन चरणों में होगी

जबकि साधारण मामलों में दो तिहाई सजा पूरी कर चुके कैदियों को भी रिहा किया जाएगा

संसद के मानसून अधिवेशन के पहले दिन आज लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर शुक्रवार को बहस होगी प्रश्नकाल से पहले चार नए सदस्यों ने शपथ ग्रहण की उधर राज्यसभा में तीन नवनिर्वाचित सदस्यों और चार मनोनीत सदस्यों ने शपथ ली

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारी वर्षा की वजह से देश के कुछ भागों में गंभीर चुनौतियां पैदा हो गई हैं जबकि कुछ अन्य भागों में कम वर्षा हई है और इस पर बहस होनी चाहिए

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

बांसवाड़ा में आज राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तीन सदस्यों ने शिश् गृह का निरीक्षण किया

प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी भागों में अनेक शहरों में तेज बारिश के समाचार हैं